चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए पहले से स्वीकृत सात सौ तेरह पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानि प्रेशर स्विंग एडजोर्पशन के अलावा पीएम केयर फंड से पांच सौ नए पीएसए ऑक्सीजन संयत्रों को मंजूरी दी गई हैं

इन सौ पीएसए संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डी आर डी ओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी जिससे संयत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाईयों को दूर किया जा सकेगा टीकाकरण पंजीयन अट्ठारह वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारम्भ हो गई है इन लोगों को अगले महीने की एक तारीख से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा लोग को विन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में पहले की तरह केन्द्र सरकार के सभी टीकाकरण केन्द्रों पर अट्ठारह वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगाया जाएगा इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्टेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुवधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण प्रष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है तीसरे चरण में वैक्सीन उत्पादक केन्द्र सरकार को अपने मासिक टीकों की मात्रा के पचास प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति करेंगे और शेष पचास प्रतिशत खुले बाजार में राज्यों को दिया जा सकेगा कोरोना टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुगमतापूर्वक चल रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोविड से बचाव के चौदह करोड अठहत्तर लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोरशोर से चल रहा है कल राज्य में सत्ताईस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए इस बीच राज्य में अट्ठारह से चवालीस वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए भी आगामी एक मई से कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है राज्य सरकार की ओर से कोविशील्ड और को वैक्सीन टीकों के पच्चीस पच्चीस लाख डोज का संबंधित कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है वैक्सीन मिलते ही योजनाबद्ध तरीके से राज्य में अटठारह वर्ष से अधिक आय वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा सरकारी केन्द्रों में टीकाकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा टीकाकरण के लिए पंजीयन कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा उधर दर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आज कोविड कंटोल को लेकर बैठक ली उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिए टीका कार्फी असरदार साबित हुआ है डॉक्टर भूरे ने पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे तीस अप्रैल तक टीका अवश्य लगवा लें कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से वैक्सीनेशन ड्राईव चलाने के निर्देश दिए डॉक्टर मूरे ने ऑनलाइन खाद्य सामग्री डिलीवरी करने वाले डिलवरी बॉयज और मेडिकल स्टोर्स में काम करने वाले लोगों की अनिवार्य कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें कोरोना निगेटिव का स्टीकर दिया जाएगा इसे लगाकर ही वे काम कर सकेंगे ताकि लोग आश्वस्त होकर खरीदी कर सकें वहीं भिलाई नगर निगम द्वारा आज ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज और स्ट्रीट वेंटर की कोरोना जांच के लिए नेहरू नगर में कैम्प लगाया गया जिसमें पच्चीस लोगों का सैंपल लिया गया उधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कोविड नाइंटीन वैक्सीन अत्यधिक असरकारक है उन्होंने कहा कि कृछ लोगों के मन में भ्रम है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं जो पूरी तरह गलत है डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है इसलिए सभी लोगों को जिन्होंने कोविशील्ड की पहली डोज ली है उसके छह से आठ सप्ताह में दूसरी डोज और को वैक्सीन की पहली डोज के अट्ठाईस दिन बाद दूसरी डोज अवश्य लेना चाहिए इस बीच टीकाकरण अभियान के प्रति शहरी क्षेत्रों के साथ ही अब ग्रामीणों क्षेत्रों में जागरूकता आ रही है ग्रामीण इलाकों में भी लोग स्व स्फूर्त टीका लगवा रहे हैं प्रदेश में ऐसे अनेक ग्राम है जहां पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के पात्रता रखने वाले लोगों ने स्वयं होकर टीका लगवाया है बिलासप्र जिले में तखतप्र विकासखंड की ग्राम पंचायत बीजा और कोटा विकासखंड की ग्राम पंचायत पटेता के सभी पात्र लोगों ने टीका लगवा कर जागरूकता का परिचय दिया है राज्यपाल जागरूकता राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई जीतने में सकारात्मक सोच और हौसले की बड़ी भूमिका होती है सुश्री उइके आज हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्र्ग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर आयोजित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम कोरोना से डरो ना वैक्सीन है ना को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान होने के नाते विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का यह दायित्व है कि वे आम जनता और विद्यार्थियों में कोरोना से बचाव सावधानियां और भ्रामक बातों से दूर रहने के लिए जागरूकता फैलाएं राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आगामी एक मई से अटठारह वर्ष से अधिक आय के युवाओं को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी वैक्सीन को लेकर बहत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं उन्होंने वैक्सीन की तूलना संजीवनी से की संश्री उइके ने लोगों से कोरोना संक्रमित हो जाने पर भी नहीं घबराने की अपील कीं साथ ही उन्होंने लोगों से प्रतिदिन भाप लेने गर्म पानी का सेवन तथा गरारे करने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आग्रह किया इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पोर्टल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न स्लोगन वाले पोस्टर का शुभारंभ किया

इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की कृल संख्या छह लाख बयासी हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में एक लाख उन्नीस हजार से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से दो सौ छत्तीस लोगों की मृत्यु हुई है वहीं कल चौदह हजार चार सौ से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं इस बीच रायपुर जिले के सभी चार जनपद पंचायत मुख्यालयों में कोविड नाइंटीन कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है यह कंट्रोल रूम रात दिन तीन पालियों में काम करेगा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कमार सिंह ने बताया कि धरसीवां आरंग अभनपुर और तिल्दा में कंटोल रूम बनाया गया है जहां क्षेत्र के ग्रामीण कोरोना दवाई वितरण होम आइसोलेशन संबंधी जानकारी मरीज की खराब स्थिति में अस्पताल रिफर करने संबंधी कार्य और शव के अंतिम संस्कार संबंधी तथा सहयोग ले सकेंगे वहीं रायपुर कलेक्टर ने निजी एम्बुलेंस वाहन का अधिकतम किराया निर्धारित किया है इस बीच राजनांदगांव जिले के बागनदी में बनी अंतर्राज्यीय सीमा चौकी को हटाकर पाटेकोहरा में शिफ्ट कर दिया गया है यहां दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को बहत्तर घंटे की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही छत्तीसगढ में प्रवेश दिया जा रहा है उधर कोंडगांव जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित तैंतालीस क्षेत्रों को हाट स्पॉट घोषित किया है आम लोगों को इन स्थलों पर न जाने की सलाह दी गई है इस बीच गरियाबंद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने देवभोग में कोविड अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सों का उत्साहवर्द्वन किया इसके अलावा अधिकारियों ने ओड़िशा की सीमा पर बने चेंक प्वाइंट का भी निरीक्षण किया वहीं धमतरी में आज कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दर कर जन जागरूकता लाने तथा सकारात्मक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मास्टर ट्रेनरो को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान वीडियो क्लिप्स के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचने के उपाए टीकाकरण से लाभ रेमडेसिविर इंजेक्शन संबंधी जानकारी तथा शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविघाओं और संसाधन के बारे में बताया गया इधर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपायों के बारे में जन जागरूकता लाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नारा लेखन और जागरूकता रैली जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं महासमुद जिले में गांवों में दीवारों पर नारा लेखन के साथ ही जागरूकता रैली के जरिए लोगों को मास्क पहनने बार बार हाथ घोने और दो गज की दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है साथ ही मृदंग मंजीरा और अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से गली मोहल्लों में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है इसी तरह बलरामपुर जिले भें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भिशन बिहान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी भी लोगों को जागरूक करने के अभियान में जटे हए हैं वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों उद्योगपति व्यावसायिक संगठन सामाजिक संगठन युवा संगठन और अन्य संगठन शामिल हैं सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग कर रहे हैं कोरोना अपील इस बीच अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से विशेष बात चीत में कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लामदायक बताया डबल मास्किंग का मतलब है दो मास्क लगाना दो मास्क लगाने का फायदा यह है कि पूरी तरह से नाक मुँह थोडी के नीचे तक मास्क टाईटली बंध जाता है उसके ऊपर द्रसरे मास्क से दोगुनी प्रोटेक्शन हो जाती है आज कल के दिनों में यह लाजमी यह माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो वायरस है यह हवा के जरिये ही हमारे अंदर घूसता है अगर हम ये दो मास्किंग लगा देते हैं तो बहत ही कम चान्सेज है कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि कोविड टीको का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है एम्स काउंसलिंग अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपूर में बीती रात एक मरीज ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से कृदकर आत्महत्या कर ली इस मरीज की पत्नी द्वारा भी आत्महत्या का प्रयास किया गया जिसे एम्स के स्टॉफ की सक्रियता के चलते बचा लिया गया इस मरीज को चौबीस अप्रैल को भर्ती कराया गया था फिलहाल मरीज के आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल सका है यह मरीज बलौदाबाजार का रहने वाला था इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि रोगियों में तनाव और आत्महत्या की मानसिकता को दूर करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं इनमें रोगियों को चिन्हित कर उनकी सतत् निगरानी करने मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करने और ऐसे रोगियों के लिए अतिरिक्त स्टॉफ की तैनाती जैसे उपाए शामिल हैं इसके साथ ही रोगियों को रचनात्मक कार्य करने और परिजनों से वीडियो कॉल करने की सुविधा भी दी गई है इन उपायों की मदद से पिछले तीन माह में छह आत्महत्या के प्रयासों को रोका जा चुका है उन्होंने बताया कि यह एक चुनौती पूर्ण लक्ष्य है लेकिन एम्स इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है कि रोगी किसी भी हालत में आत्महत्या जैसा घातक कदम न उठाएं हाईकोर्ट जज नियुक्ति राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है उनकी जगह अतिरिक्त न्यायाधीश विमला सिंह कपूर की नियुक्ति की गई है इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है गौरतलब है कि सुश्री विमला सिंह कपूर ने दो हजार अट्ठारह में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी माओवादी गिरफ्तार नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने पिछले चार दिनों में अलग अलग स्थानों से पन्द्रह माओवादियों को गिरफ्तार किया है अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर ने बताया कि कोहकामेटा और सोनपुर थाना इलाके से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है इनमें आज गिरफ्तार किए गए पांच माओवादी भी शामिल हैं इन माओवादियों पर आईईडी विस्फोट करने और अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है वहीं कल इसी जिले के ग्राम बासिंग के राउड़पारा और गुडरीपारा में पुलिस ने दबिश देकर एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया गिरफ्तार माओवादी पर बम विस्फोट की घटना में शामिल रहने का आरोप है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान मध्य और दक्षिणी इलाके में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दक्षिण तटीय ओडिशा तक स्थित है वहीं उत्तर दक्षिण द्रोणिका उत्तर अंदरूनी कर्नाटक से केरल होते हुए कोमोरिन एरिया तक स्थित है इसके प्रभाव से प्रदेश में कृछ स्थानों पर बदली बारिश की स्थिति बनने की संभावना है लेकिन अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है इस बीच राजनांदगांव जिले में मोहला ब्लॉक के ग्राम कट्टापार में आज दोपहर अचानक आए आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई संक्षिप्त समाचार कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस ने एक मोटर साइकिल से बावन किलो से अधिक गांजा जब्त किया है इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया